मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज शिमला में हुई एक बैठक में ये फैसला लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ प्रभावी व बेहतर तालमेल के लिए ज़िला स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है ताकि लोगों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए इसके अलावा राज्य में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू कप्यू के कारण लोगों को कोई भी असुविधा न हो ये भी सुनिश्चित करने के अधिकारियों का आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की निगरानी के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं सम्बोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

कोरोना प्रतिबंध प्रदेश में कोरोना वायरस से अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है

इस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ऊना ज़िला के अम्ब शहर में एक रैस्तरां में खाना खाया था जिसे प्रशासन ने सील कर सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया है उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि मृतक के सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान की जा रही है उधर चंबा जिला में पंजाब से आई एक युवती को स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन में रखा है और जांच के लिए सैम्पल टांडा मैडिकल कॉलेज भेजे गए हैं हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रारम्भिक जांच में युवती में कोरोन से संबंधित कोई लक्षण नहीं है

मंत्रालय ने कहा है कि इस समय प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार साधनों का सुचारू रूप से काम करना अति आवश्यक है मंत्रालय ने आगे कहा कि संचार साधनों का सुचारू संचालन कोरोना के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए भी आवश्यक है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि असत्य और आधारहीन समाचारों से बचना चाहिए और इस दिशा में सही नीतियों को प्रोत्साहित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है

उन्होंने पैंशन धारकों को दो माह की अग्रिम पैंशन राशि जारी करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है

पंचायती राज विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को सेनिटाइजर व मास्क खरीदकर पंचायतों के तहत सभी परिवारों को बांटने के निर्देश जारी किए गए हैं मौसम प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की उंची चोटियों पर सुबह से ही हल्का हिमपात हो रहा है रोहतांग दर्रा बारालाचा और कुंजम दर्रे पर बर्फबारी से ठण्ड बढ़ गई है और रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य भी प्रभावित हुआ है इधर राजधानी शिमला सहित इसके आसपास के इलाकों में आज बाद दोपहर से रूक रूक कर वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के निचले व मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है जबकि उंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात की सम्भावना जताई है